प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सिरमौर ज़िला में विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशी रीना कश्यप के लिए वोट मांगे कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर सुरेश भारद्वाज और राजीव सहजल ने भी पार्टी प्रत्याशी रीना कश्यप के लिए प्रचार किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर सहित पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी गंगू राम मुसाफिर के लिए वोट मांगे निर्दलीय प्रत्याशी दयाल प्यारी अपने समर्थकों संग डोर ट्र डोर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं उधर धर्मशाला में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी आज अलग अलग स्थानों पर चुनाव प्रचार कर भाजपा प्रत्याशी विशाल नैहरिया के लिए वोट मांगे कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार और ठाकुर सिह भरमौरी ने आज कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंद्र कर्ण के पक्ष में प्रचार किया

ये विशेष अवकाश सभी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों और बोर्ड निगम शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत मुकेरियां विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं के लिए लागू होगा दैनिक भोगी कर्मचारियों को भी इस दिन सवेतन अवकाश रहेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सिरमौर ज़िला के बड़ू साहिब गुरूद्वारा में माथा टेका और शबद कीर्तन में भाग लिया मुख्यमंत्री ने कलगीधार ट्रस्ट बड़ू साहिब के संस्थापक बाबा इकबाल सिंह किंगरा से भी भेंट की तथा ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी और सामाजिक गतिविधियों की सराहना की इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी उपस्थित थे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला स्थित दीन दयाल क्षेत्रीय अस्पताल का औचक निरिक्षण किया राज्यपाल ने इस दौरान अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया और रोगियों तथा उनके तीमारदारों से भी बातचीत की राज्यपाल ने अस्पताल प्रशासन को सभी सुविधाओं पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार से बातचीत कर अस्पताल में और ज्यादा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकें उन्होंने अस्पताल के पुराने भवन का भी निरीक्षण किया और इसके स्थान पर नया भवन बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है राज्यपाल ने अस्पताल के लिए अलग से रक्तदान वैन और विशिष्ट सेवाओं के लिए रोगी वाहन उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए राज्यपाल ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था और वहां कार्यरत स्टॉफ के सेवाभाव पर भी संतोष जताया बीएसएनएल भारत संचार निगम ने आज शिमला के रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया इस शिविर में निगम के एक सौ से अधिक कर्मचारियों व अधिकारियों ने रक्तदान किया शिविर का शुभारम्भ बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक पीके जैन ने किया जैन ने इस मौके पर कहा कि बीएसएनएल टैलीकॉम सेवाओं के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को निभाने के लिए हर वर्ष इस शिविर का आयोजन करता है इससे शिमला के अस्पतालों खासकर आईजीएमसी में सर्दियों में खून की कमी पूरी करने में मदद मिलती है रक्तदान शिविर से पहले बीएसएनएल अधिकारियों व कर्मचारियों ने तारघर से रिज मैदान तक एक रोड शो का भी आयोजन किया

मेले के प्रबंधों को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त व मेला कमेटी के अध्यक्ष अमित कश्यप ने कहा कि इस ऐतिहासिक मेले के सफल आयोजन के लिए पुलिस व प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों का सहयोग भी जरूरी है उपायुक्त ने मेले के दौरान कानून व्यवस्था और यातायात सुचारू बनाए रखने तथा जुए पर रोक लगाने के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है अमित कश्यप ने कहा कि मेले में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए मिनी मैराथन और खेल प्रतियागिताओं का आयोजन किया जाएगा दुर्घटना सिरमौर जिला के त्रिलोकपूर मार्ग पर खैरी के पास एक मोटरसाईकिल और जीप में आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई मृतक की पहचान त्रिलोकपुर के इमरान के रूप में हई है हादसे के तुरंत बाद युवक को नाहन मैडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया